लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है और जनता ही इस लड़ाई में देश का नेतृत्व कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करना राशन की आपूर्ति लॉक ाउन का अन्पालन अस्पतालों में स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था के लिए पूरे देश की जनता एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है श्री मोदी ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहंचा है और न पहंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए लोगों को एक दूसरे से दो गज दूर रहना चाहिए और ख्द को स्वस्थ रखना चाहिए

कोरोना यूजीसी विश्वविदयालय अनुदान आयोग युजीसी कोरोना महामारी के कारण एक माह से लॉक ाउन में कॉलेज और विश्वविद्यालय के बन्द हो जाने को देखते हए परीक्षाएं आयोजित करने दाखिले और नया सत्र श्रू करने के बारे में जल्द ही फैसला करेगा यूजीसी ने इस बारे में रूपरेखा तैयार करने और विचार विमर्श के लिए दो समितियों का गठन किया थायूजीसी ने अपने बयान में कहा है कि इन दोनों समितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है अब यूजीसी की बैठक में इन रिपोर्टो पर विचार किया जाएगा और अगले सप्ताह कोई फैसला किया जाएगा तथा नए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे प्रदेश द्कान प्रदेश में आज से सभी स्रक्षात्मक उपायों एवं सोशल पिस्टेंसिंग का प्रा पालन करते हए संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गाँवों में आवश्यक वस्त्ओं की द्कानें ख्ल गयी हैं वहीं शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्त्ओं की द्कानें खोली जा सकती हैं म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्र्प का गठन किया गया है

जिनमें एक महिला शामिल है

वहींकसरावद की दो महिलाओं तबस्सुम और सीमा ने कोरोना को मात दी

प्रदेश मौसम प्रदेश में मौसम के मिजाज दो तीन दिन से बदले हए हैं आज भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हई उमरिया जिले मे आज दोपहर बाद तेज आंधी और तूफान साथ ग्राम मरदरी के समीप गाज गिरने से चार की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए है सतना जिले में बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे दो किसानों की मौत हो गई

अक्षय तृतीया पर्व अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है इसे विवाह के लिए भी सबसे शुभ महूर्त माना जाता है